ध्रंआधार चुनाव प्रचार

अली अशरफ फातमी ने भी राजद के सभी पदों से दिया इस्तीफा अठारह अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया इस चरण में पांच संसदीय क्षेत्रों पूर्णियां भागलपुर बांका किशनगंज और कटिहार में मतदान होना है इन क्षेत्रों में पच्चासी लाख बावन हजार दो सौ चौहत्तर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे इसके लिये आठ हजार छह सौ चौवालीस मतदान केंद्र बनाये गये हैं इन लोकसभा क्षेत्रों में उनहत्तर उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं इस चरण में कटिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के तारिक अनवर और जदयू के दुलाल चंद्र गोस्वामी आमने सामने हैं बांका सीट पर जदयू के गिरिधारी यादव राजद के जय प्रकाश नारायण यादव और निर्दलीय पुतुल कुमारी के बीच त्रिकोणीय मुकाबले के आसार दिख रहे हैं भागलपुर में जदयू के अजय कुमार मंडल का राजद के बुलो मंडल से पूर्णियां में जदयू के संतोष कुशवाहा का कांग्रेस के उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह से और किशनगंज में कांग्रेस के मोहम्मद जावेद का मुकाबला जदयू के महमूद अशरफ के साथ माना जा रहा है इन पांचों सीटों पर एनडीए की ओर से जदयू के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं प्रदेश में लोकसभा की आठ सीटों के लिए छठे चरण में बारह मई को होने वाले च्रनाव के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी गयी अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गयी है इस चरण में वाल्मीकिनगर पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण शिवहर वैशाली गोपालगंज सिवान और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होगा उम्मीदवार तेईस अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे चौबीस अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और प्रत्याशी छब्बीस अप्रैल तक नाम वापस ले सकेंगे तीसरे और चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार में तेजी आ गयी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज झंझारपुर संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी रामप्रीत मंडल के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देशहित में नरेन्द्र मोदी सरकार जरूरी है उन्होंने राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा भी की इधर समस्तीपुर सुरक्षित क्षेत्र से लोजपा प्रत्याशी रामचन्द्र पासवान ने आज संसदीय क्षेत्र के जितवारपुर विशनपुर छतौना भट्टी चौक समेत विभिन्न स्थानों पर जनसंपर्क किया श्री पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली देश बना है वहीं राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड के बरूआरा मैदान में महागठबंधन के उम्मीदवार अब्दुलबारी सिद्दीकी के समर्थन में चूनावी सभा की श्री यादव ने लोगों से बदलाव के लिए महागठबंधन प्रत्याशी को जिताने की अपील की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने मध्रबनी संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है इससे पहले उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया इधर राजद के विक्षुब्ध नेता अली अशरफ फातमी ने कहा है कि वे अठारह अप्रैल को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मध्रबनी से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे श्री फातमी ने राजद के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है वहीं राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने चेतावनी दी है कि यदि श्री फातमी महागठबंधन घटक दल के उम्मीदवार के खिलाफ नामांकन पत्र दाखिल करते हैं तो उन्हें पार्टी से छह वर्ष तक के लिए निलंबित कर दिया जायेगा

राष्ट्रीय जनता दल की ओर से चन्द्रिका राय ने सारण अर्जुन राय ने सीतामढ़ी और रघुवंश प्रसाद सिंह ने वैशाली संसदीय क्षेत्र से पर्चा भरा इस बीच मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास ने सातवें चरण में होने वाले चूनाव तैयारी को लेकर पटना में समीक्षा बैठक की चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के समुदाय विशेष से वोट की अपील वाले विवादित बयान की जांच शुरू कर दी है आयोग ने कटिहार के जिलाधिकारी से कांग्रेस नेता के बयानों वाला वीडियो उपलब्ध कराने को कहा है इससे पहले उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सिद्धू के बयान को आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गौरतलब है कि कल कटिहार संसदीय क्षेत्र के बलरामपुर में कांग्रेस उम्मीदवार तारिक अनवर के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने समुदाय विशेष से महागठबंधन के लिए गोलबंद होकर वोट करने की अपील की थी कांग्रेस नेता और अभिनेता शत्र्घ्न सिन्हा की पत्नी प्रनम सिन्हा ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है सूत्रों ने बताया कि श्रीमती सिन्हा को लखनऊ संसदीय क्षेत्र से पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है

उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को दो हजार सत्रह की कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच के बारे में ताजा रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और एस ए नजीर की खंडपीठ ने जांच एजेंसी को तेईस अप्रैल तक स्थिति रिपोर्ट फाईल करने को कहा है मामले की अगली सुनवाई चौबीस अप्रैल को होगी

पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं इस संसदीय क्षेत्र में सत्रह लाख चौंसठ हजार से अधिक मतदाता एक हजार सात सौ अंठावन मतदान केन्द्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से एक महिला समेत सोलह प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं लेकिन मुख्य मुकाबला एनडीए से जदयू उम्मीदवार और निवर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा और महागठबंधन से कांग्रेस उम्मीदवार उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह के बीच होने की संभावना है हालांकि अन्य राजनीतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने पक्ष में जमकर चुनाव प्रचार किया है

मौसम विभाग ने राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में अगले चौबीस घंटों के दौरान तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना जतायी है हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है उत्तर बिहार के कई क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश हो रही है कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी खबर है विभाग ने कहा है कि प्रदेश भर में अगले दो दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रह सकता है जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी इधर आज भी प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी रहा मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गया आज प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा जहां अधिकतम तापमान उनतालीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया वहीं भागलपुर और पटना का अधिकतम तापमान सैंतीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस और पूर्णियां का अधिकतम तापमान तैंतीस डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया

ध्रंआधार चुनाव प्रचार

अली अशरफ फातमी ने भी राजद के सभी पदों से दिया इस्तीफा